दस लाख पहुंची देश में दैनिक परीक्षण क्षमता

उच्चतम न्यायालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी याचिका कल की खारिज

देश में अब तक कोविड नाइन्टीन से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या बढकर उन्नीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालिस हो गई है अब तक कोविड नाइन्टीन से संक्रमण के कुल मामले बढकर छब्बीस लाख सैंतालिस हजार छः सौ चौसठ हो गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में सत्तावन हजार नौ सौ बयासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि इससे नौ सौ इकतालिस मौतें भी हुई हैं इस समय देश में छह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ रोगियों का इलाज चल रहा है देश में अब तक तीन करोड़ कोविड परीक्षण करनेका नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने अपनी दैनिक परीक्षण क्षमता बढ़ाकर दस लाख करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है देश में आसानी से परीक्षण कराने के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं और सुविधाओं के विशाल नेटवर्क से स्वास्थ्य जांच में जबरदस्त तेजी आयी है कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कोविड नाइन्टीन टेस्टिंग की संख्या में और वृद्धि करने तथा क्वारंटीन में रह रहे लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए जिससे लोग ऑनलाइन मेडिकल परामर्श का लाभ उठा सकें प्रदेश में कल कोरोना के चार हजार एक सौ छियासी नए मामले सामने आए जबकि इस दौरान चार हजार तीन सौ छिहत्तर कोरोना मरीजों की छुट्टी कर दी गई हालांकि प्रदेश में कल उन्हत्तर लोगों की कोरोना से मौत के बाद यह आंकड़ा दो हजार पांच सौ पन्द्रह पहुंच गया है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकरने कहा है कि उनका मंत्रालय देश की नदियों और सागरों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पन्द्रह दिन में समग्र डॉल्फिन परियोजना की शुरूआत करेगा श्री जावड़ेकर ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन मंत्रियों सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हए कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉल्फिन और सिंह परियोजना के बारे में घोषणा की थी

तो डॉलफिन को संख्यण और संक्षन करने का कार्यक्रम हम सुनिश्चित करके सबकेसामने रखेंगे आप सबको उसमें शामिल होना है श्री जावड़ेकर ने कहा देश में शेरों की आबादी बढ़कर छः सौ से अधिक हो गई है उन्होंने राज्यों से क्षतिप्रक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की अस्सी प्रतिशत धनराशि वक्षारोपण गतिविधियों और शेष धनराशि क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का अनुरोध किया उच्चतम न्यायालय ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईईको स्थगित करने संबंधी याचिका कल खारिज कर दी न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बह्त समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को आयोजित कराई जायेगी न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विमिन्न राज्यों के ग्यारह उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हए जीवन को आगे बढाया जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय प्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश की रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए हए उप चुनाव में कल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये श्री निषाद राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी चुनाव अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि जय प्रकाश निषाद को प्रदेश राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट रिक्त थी बेनी प्रसाद वर्मा का कार्यकाल चार जुलाई दो हजार बाईस तक था पहाडी क्षेत्रों तथा नेपाल से आने वाले पानी और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बाढ की स्थिति बनी हुई है राज्य के तराई और पूर्वी भाग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं राहत आयुक्त संजय गोयल ने बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं बाढ़ की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की अंबेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती देवरियागोंडा गोरखपुर लखीमपुरखीरी कूशीनगर मऊ संतकबीरनगर और सीतापुर जनपद बाढ़ से प्रमावित हैं शारदा घाघरा और सरयू सहित कई नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के रूपर बह रहीहैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तटबंघ की लगातार निगरानी करते रहनेके निर्देश दिए हैं वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिएकहा है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल क्शीनगर जिले के तमक्ही क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पिपरा घाट का दौरा किया इस मौके पर उन्होंने बूढ़ी गण्डक नदी के एपी तटबन्ध का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को हर हाल में बन्धे को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया उन्होंने नदी के तटवर्ती बाढ़ प्रभावित गांवों में चलाये जा रहे राहत कार्यो के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को राहत कार्यो को समुचित रूप से चलाए जाने का निर्देश दिया बाढ़ क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री के साथ क्शीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे भी मौजूद रहे जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का कल अमरीका के न्यू जर्सी शहर में अपने घर में देहांत हो गया वे नब्बे वर्ष के थे वे मेवाती घराने के गायक थे पंडित जसराज का संगीत का सफर करीबआठ दशक का रहा हालांकि वे मेवाती घराने से थे लेकिन उन्हें खयाल की परम्परागत गायकी और दुमरी के लिए भी जाना जाता है भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस सौ पचहत्तर में पद्मश्री उन्नीस सौ नब्बे में पद्म भूषण और वर्ष दो हजार में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था उन्नीस सौ सत्तासी में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है पूर्व किकेटर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट पर किया गया उनके पुत्र ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी

चेतन चौहान का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में विगत रविवार को निधन हो गया था